आज नई दिल्ली में अटल भू जल योजना का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि जल संकट का न केवल लोगों तथा परिवारों पर बल्कि देश और उसके विकास पर भी विपरीत असर पड़ता है श्री मोदी ने कहा कि पानी का विषय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिल के बहुत नजदीक था उन्होंने कहा कि अटल जल योजना या जल जीवन मिशन से संबंधित दिशा निर्देश देश के प्रत्येक परिवार को नल से जल की आपूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं निकाय चुनाव परिणाम प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है एक सौ इंक्यावन निकायों के दो हजार आठ सौ चालीस पार्षद पद के चुनाव में कांग्रेस ने एक हजार दो सौ तिरासी वार्डो में जीत हासिल की है वहीं भाजपा को एक हजार एक सौ इकतीस वार्डो में जीत मिली है प्रदेश के दस नगर निगम अड़तीस नगर पालिका और एक सौ तीन नगर पंचायतों के लिए इक्कीस दिसंबर को मतदान हुआ था और कल मतगणना की गई राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने छत्तीस और निर्दलियों ने तीन सौ चौंसठ वार्डो में विजय हासिल की है प्रदेश के दस नगर निगमों में से सात पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है वहीं कोरबा में भाजपा की बढ़त है तो दो नगर निगमों राजनांदगांव और धमतरी में भाजपा कांग्रेस लगभग बराबरी पर हैं यहां महापौर के चुनाव में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका निर्णायक रहेगी अड़तीस नगर पालिकाओं में से अट्ठारह में कांग्रेस का बहुमत है तो वहीं सत्रह पर भाजपा ने जीत हासिल की है इसी तरह एक सौ तीन नगर पंचायतों में अड़तालीस में कांग्रेस और चालीस नगर पंचायतों में भाजपा का बहुमत है पंद्रह स्थानों पर निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी इस बार प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा यानी आम मतदाता के बजाय इन्हें पार्षद चुनेंगे मुख्यमंत्री पत्रकारवार्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की जीत को आशा के अनुरूप बताते हुए कहा है कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताया है मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में कहा कि कांग्रेस को लगभग सभी नगर निगमों में अच्छी जीत मिली है वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देते हुए कहा कि मतदाताओं ने राज्य सरकार के एक साल के कार्यकाल पर मुहर लगाई है उधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर प्रशासनिक तंत्र का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने डरा धमकाकर जीत हासिल की है लेकिन भाजपा बहुत कम अंतर से पीछे रही है उन्होंने उम्मीद जताई कि भाजपा अधिकतर नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष बनाने में सफल होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल जनगणना केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष दो हजार इक्कीस की जनगणना करवाने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के नवीनीकरण के निर्णय को मंजूरी दे दी है जनगणना का काम दो चरणों में किया जाएगा घरों की सूची और उनकी गणना का काम अगले वर्ष अप्रैल से सितम्बर तक होगा जबकि जनगणना का काम दो हजार इक्कीस में नौ फरवरी से अट्ठाईस फरवरी तक चलेगा कृषि कर्मण प्रस्कार केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ को खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण प्रस्कार से सम्मानित करेगी यह प्रस्कार अगले महीने दो जनवरी को कर्नाटक के तुमकूरू में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदान करेंगे पुरस्कार के तहत पांच करोड़ रूपये ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा इस उपलब्धि के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कृषि विभाग और प्रदेश के किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

ग्वालियर में जन्मे श्री वाजपेयी राजनीतिक उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचे वे तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने वर्ष दो हजार पंद्रह में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर नमन किया श्री बघेल ने कहा कि अटल जी अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत सुचिता के लिए सदा याद किए जाएंगे मदन मोहन मालवीय जयंती राष्ट्र आज महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उनका स्मरण कर रहा है महामना मदन मोहन मालवीय ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के अथक प्रयास किया इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें नमन किया है उन्होंने कहा कि श्री मालवीय के आदर्श और चरित्र सभी के लिए प्रेरक है आदिवासी नृत्य महोत्सव राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में सत्ताईस दिसंबर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं इस राष्ट्रीय महोत्सव का शुभारंभ सांसद राहुल गांधी और अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे इस मौके पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद उप नेता आनंद शर्मा राज्यसभा सांसद अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा तथा प्रियंका गांधी सहित कई विशिष्टजन शामिल होंगे राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने मुलाकात कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से उन्हें राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आमंत्रण दिया सुश्री उइके अट्ठाईस दिसंबर को बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगी क्रिसमस क्रिसमस का पर्व आज उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है पच्चीस दिसंबर का दिन दुनियाभर में इसाई समुदाय के लोग प्रभू ईसा मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं गिरजाघरों में बीती मध्य रात्रि के समय विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं प्रदेश में भी क्रिसमस का पर्व धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के सेंट पॉल केथेड्रल पहुंचकर मसीही समाज सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाए दीं श्री बघेल ने कहा कि प्रभू यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए करूणा प्रेम दया और सेवा का मार्ग दिखाया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केक काटा और उपस्थित लोगों को केक खिलाकर क्रिसमस की खुशियां बांटी चर्च के गायन दल ने कैरोल गीत प्रस्तुत किए इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी विधायक रेणु जोगी कुलदीप जुनेजा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और मसीही समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे वहीं प्रदेश के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दीं इस मौके पर गिरजाघरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है रायपुर के बैरन बाजार अमलीडीह और अन्य गिरजाघरों में बीती रात से विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ जो आज दिनभर जारी रहा सेमिनार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे एफटीआईआई सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया द्वारा राजधानी रायपुर में आगामी अट्ठाईस दिसंबर को सेमिनार का आयोजन किया जाएगा इच्छुक युवा और कलाकार इस सेमिनार में बिना किसी पूर्व पंजीयन के शामिल हो सकते हैं इस सेमिनार के लिए कोई शुल्क नहीं है सेमिनार में युवाओं को एफटीआईआई पुणे और एसआरएफटीआई कोलकाता में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों प्रवेश परीक्षा की योजना और संबंधित विषयों की जानकारी दी जाएगी

यह इस वर्ष का अंतिम खंडग्रास सूर्य ग्रहण है और यह दुर्लभ ग्रह स्थिति में हो रहा है ग्रहण का स्पर्श सुबह आठ बजकर इक्कीस मिनट मध्य सुबह नौ बजकर चालीस मिनट और ग्रहण का मोक्ष सुबह लगभग साढ़े ग्यारह बजे होगा इस तरह ग्रहण की कुल अवधि दो घंटे तिरपन मिनट होगी ग्रहण का सूतक बारह घंटे पूर्व यानी आज रात आठ बजकर इक्कीस मिनट से लग जाएगा संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल से दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं अपने प्रवास के दौरान वे सत्ताईस दिसंबर को इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के भ्रमण पर आए जापानी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से धार्मिक स्थल सिरपुर के पास हेलीपैड निर्माण का आग्रह किया है जांजगीर चांपा जिले में निगरानी सतर्कता दल ने अलग अलग जगहों से तीन सौ छियासी क्विंटल अवैध धान जब्त किया है गोंदिया महाराष्ट्र में आयोजित सत्रहवीं सब जूनियर बालिका और इक्कीसवीं सीनियर महिला राष्ट्रीय साइकिल पोलो प्रतियोगिता कल से शुरू होगी इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से दोनों वर्गों की टीम भाग लेगी जगदलपुर के गीदम रोड स्थित एक कार शो रूम में अचानक आग लग गई इस हादसे में कई पुराने वाहन और कलपुर्जे जलकर खाक हो गए बेमेतरा जिले के ग्राम बारगांव स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में चोरी करने आए अज्ञात चोरों ने लॉकर नहीं खोल पाने के कारण फाइलों को इधर उधर फेंककर भाग गए